राजभवन में मंगलवार को एन सी सी पुर्वोत्तर के अतिरिक्त डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल राजु चौहान के साथ हुए बैठक के दौरान राज्यपाल ने यह बात कही इस दौरान मेजर जनरल ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के छात्रों में विशाल क्षमताएं भरी हुई है उन्होंने राज्य के हर जिला मुख्यालय में एन सी सी इकाई की स्थापना की वकालत की मेजर जनरल चौहान ने मुख्य मंत्री पेमा खाण्ड्र के साथ भी बातचित के दौरान राज्य के हर जिला मुख्यालयों में एन सी सी के विस्तार के लिए विचार विमर्श किया इस दौरान उन्होंने राज्य के हरेक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भारतीय सैन्य कैडेट कोर को विस्तार कराने की अपील की

अंजाव जिला प्रशासन ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामिण कार्यक्रम पर लोगों को प्रेरित करने के लिए जन आंदोलन कार्यक्रम का शुभारंभ किया जिले के वाल्ला वातोंग डी और हवाई के निकट चेंगगूंग गांव में कार्यक्रम को चलाया गया मंगलावार से शुरु हुआ कार्यक्रम पखवाड़ा भर चलेगा हवाई और हायूलियांग सब डिविजन में चल रहे इस अभियान को दो हजार अट्ठारह में तैयार मुख्यमंत्री पुरस्कार परियोजना के तहत सबसे स्वच्छ गांव के चयन के लिए तैयार की गई फिल्ड गतिविधियों से जोड़ा जाएगा शहरी विकास विधायी सचिव तेची कासो ने कहा कि मुख्यमंत्री पेमा खाण्ड् के नेतृत्व में राज्य सरकर लोगों के कल्याण के लिए लगातार कार्यरत है राजधानी ईटानगर में कल ईटानगर ट्रेड यूनियन के संयुक्त श्रमजीवी समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम को श्री कासो संबोधित कर रहे थे इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य के विकास प्रक्रिया में कामगार समुदाय को शामिल करने की पुरी कोशिश कि जाएगी उन्होंने लोगों से राज्य के विकास में कामगारों की योगदान को पहचानने का आग्रह किया मुख्य न्यायाधीश दिपक मिश्रा ने कहा कि समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नागरिकों को सोशल मीडिया पर आए खबरों पर अंधा ध्रंद विश्वास नही करना चाहिए बल्कि उसकी सच्चाई की जांच करनी चाहिए उन्होंने कहा कि हाल ही में भीड़ द्वारा हिंसक होना सोशल मीडिया में वाईरल टेक्स्ट के वजह से हुआ नई दिल्ली में मंगलवार को श्री मिश्रा एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि नागरिको को किसी भी सूचना पर अधा ध्रंद विश्वास न करते हुए पहले सुचना की पड़ताल कर अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए केंद्र ने सभी राज्यों से भीड़ की हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा है गृह मंत्रालय से जारी परामर्श में कहा गया है कि यह नोडल अधिकारी पुलिस अधिक्षक के स्तर के होने चाहिए

गृह मंत्रालय ने कहा कि पहचान कि प्रक्रिया तीन सप्ताह के अंदर हो जानी चाहिए मंत्रालय ने कहा कि ऐसे पुलिस अधिकारियों या जिला प्रशासन के अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो भीड़ हिंसा और लिचिंग या इस तरह के अपराधों को रोकने के दिशा निर्देश के अनुपालन करने में विफल रहते है केंद्र सरकार भीड़ की हिंसा की घटनाओं से निपटने के लिए जरुरत पर कानून भी बनाएगी लोकसभा में कल शुन्यकाल में इस मुद्दे से जुड़े पड़ने सवालों का जवाब देते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने फिर कहा कि सरकार ऎसे जघन्य अपराधों को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो में नशे के खतरों पर जागरुकता फैलाने के लिए एक अनोखा नशा विरोधी शिविर का आयोजन किया गया जिसमें नशीली पदार्शो के दुरुपयोग के शिकार हुए लोगो को रिसर्स पर्सन के तौर पर आमंत्रित कर उनका अनुभव लोगो के साथ सांझा करवाया इस शिविर को दापोरिजो पुलिस ने पुलिस स्टेशन परिसर में कल आयोजित किया लोकसभा में कल भ्रष्टाचार निवारणसंशोधन विधेयक दो हजार अटठारह के पारित हो जाने से इस कानून को संसद की मंजूरी मिल गई है

इस कानून को ऎतिहासिक करार देते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचार दुनियाभर में व्याप्त है मगर सरकार इसके खिलाफ संघर्ष जारी रखेगी लोकपाल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस बारे में प्रक्रिया जारी है और इसी सिलसिले में इस महिने की उन्नीस तारीख को खोज समिति की बैठक भी हुई थी